प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया

प्रदेश में होली को लेकर उल्लास का माहौल आज रात होगा होलिका दहन कल मनाई जाएगी रंगों की होली

यह महोत्सव पर्यटन गढवाल मण्डल विकास निगम और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है महोत्सव का शुभारम्भ करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से निकले योग ने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि आज योग भारत में ही नहीं ब्लकि पूरी दनिया में अपनी पहचान बना चुका है उन्होंने कहा कि योग जहां मनुष्य को स्वस्थ रखता है वहीं शांति के साथ अहिंसा का संदेश भी दे रहा है उन्होंने योग को बढ़ाने के लिए सभी युवाओं का आह्वान किया कि वे इसे घर घर तक पहुंचा कर लोगों को निरोगी रहने का संदेश दें

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि योग के प्रति पूरी दुनिया का रुझान बड़ा है उन्होंने कहा कि योग संपूर्ण विश्व के लिए प्राचीन काल से भारत की देन रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है संतोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग और ड्रोन कैमरों के जरिए केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना की प्रगति की समीक्षा की प्रधानमंत्री ने अब तक किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है श्री मोदी ने मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और उनकी टीम को केदारपुरी के पुर्ननिर्माण कार्यों को तेजी से करने की बधाई दी

अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि विनिर्माण निर्माण और कुछ सेवा क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से पिछले वर्ष अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में सात दशमलव दो प्रतिशत बढ़ी जो पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है

पहले का अनुमान छह दशमलव पांच प्रतिशत था जुलाई से सितंबर की तिमाही में संशोधित विकास दर बढ़कर छह दशमलव पांच प्रतिशत रही पहले के अनुमान में इसे छह दशमलव तीन प्रतिशत बताया गया था

राज्य में पिछले एक पखवाड़े में चार पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले गये हैं दोनों केन्द्रों को भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय डाक विभाग के सहयोग से संचालित किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने इन केन्द्रों का उद्घाटन किया इस मौके पर श्री कोश्यारी ने कहा कि पासपोर्ट बनाने में होने वाली दिक्कतों को कम करना सरकार का मकसद है केन्द्र सरकार जनता को ध्यान में रखकर नीतियां बना रही है उन्होंने बताया कि पहले चरण में उत्तराखंड में पोस्ट आफिस के सहयोग से छह पासपोर्ट सेवा केन्द्र उपलब्ध खोले जा रहे हैं अगले चरण में ऐसे ही अन्य कई पासपोर्ट केन्द्र खोलने की योजना है

नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में कल अन्य नेताओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह शामिल हुए पार्टी महासचिव भूपेन्द्र यादव ने बताया कि बैठक में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एकसाथ कराने के बारे में चर्चा की गई

उन्होंने ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने को भी कहा बैठक में बताया गया कि बायोस्फीयर की सीमा पर स्थित गांव के लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही इसके बफर जोन और कोर क्षेत्र में नियंत्रित समुदाय आधारित पर्यटन विकसित किया गया है

होली की धम देशभर होली का त्यौहार परम्परागत ढंग से मनाया जा रहा है आज होलिका दहन हो रहा है और कल रंगों की होली खेली जाएगी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में होली को लेकर उल्लास का वातावरण है बाजार सजे हुए हैं और होलिका दहन से पूर्व पूजन किया जा रहा है राज्य में होली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं रंगों पिचकारियों और होली की विशेष मिठाईयों से बाजार सज गए हैं होली के इस त्योहार को शान्तिपूर्ण सम्पन्न करने के लिए पुलिस बल तैनात किया जाएगा और हुड़दंगियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी वहीं सुरक्षित व सुंदर होली के लिए डाक्टरों का कहना है कि होली के दिन लोग अपनी आंखों और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें डॉक्टरों का कहना है कि होली खेलने के लिए सिर्फ हर्बल रंगों का प्रयोग करें होली की धूम जारी गोपेश्वर में होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए चमोली जिले के उप पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह ने प्रतिनिधियों के साथ बैठक की

उधर विधानसभा अध्यक्ष कैम्प कार्यालय ऋषिकेश में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कैम्प कार्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं व कार्यालय स्टाफ पर अबीर गुलाल लगाकर होली मनाई उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं पलायन पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एसएस नेगी इन दिनों पर्वतीय इलाकों का भ्रमण कर पलायन की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं रुद्रप्रयाग के केदारघाटी के गांवों का दौरा करने के बाद श्री नेगी ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार जैसी आवश्यकताओं के लिए पर्वतीय गांवों से पलायन हो रहा है उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं हैं

गौरतलब है कि पिछले पांच महीनों से पलायन आयोग की अलग अलग टीमें लगातार उत्तराखण्ड के गाँवों में लोगों से संवाद कर पलायन की वास्तविक स्थिति के बारे में पता लगा रही है बढ़ते पलायन को देखते हए भाजपा सरकार ने पांच महीने पहले पलायन आयोग का गठन किया जो गांवों से हो रहे पलायन की वास्तविक स्थिति और उसके कारण और रोकथाम के उपाय सरकार को बतायेगी मौसम प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आज हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हई है

विभाग ने कल और परसों राजधानी में भी बारिश होने की संभावना जताई है आज प्रदेश में मौसम का मिला जुला असर रहा जहां देहरादून हरिद्वार और उधमसिंह नगर में धूप खिली रही वहीं उत्तरकाशी टिहरी चमोली रूद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में दोपहर बाद हल्के बादल छाए रहे इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पुर्वानुमान में कहा है कि समुचे उत्तर भारत में मार्च से लेकर मई महीने तक औसत तापमान सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है